भरतपुर के पीलूपुरा में विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जरों के महापडाव के कारण रेल और सड़क परिवहन प्रभावित सरकार और गुर्जरों के बीच आज नहीं हो पाई बातचीत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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सरकार द्वारा शनिवार को सदन में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संशोधन और सरलीकरण विधेयक कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक तथा आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक पेश किये इन विधेयकों पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिये संशोधन लाये ँगये है बहस में भाँग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर बनी मुख्यमंत्री तथा विशेषज्ञोर् की राय के बाद ये कानून बनाये गये इससे पहले प्रतिपक्ष के उपर्नता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि संसद द्वारा बनाये गये कानून जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है उनमें राज्य सरकार द्वारा संशोधन लाना असंवैधानिक है उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने तथा किसान कल्याण के लिये केन्द्र सरकार ने ये कानून बनाये हैं

मतगणना सुबह नौ बजे से शुरू होगी और कोविड प्रोटोकोल के कारण एक एक वार्ड की मतगणना होगी इसे देखते हुए दोपहर बाद तक सभी वार्डो के नतीजे आने की संभावना है जयपूर की हैरिटेज नगर निगम की मतगणना कॉमर्स कॉलेज तथा नगर निगम ग्रेटर की मतगणना राजस्थान कॉलेज में होगी उधर जोधपुर उत्तर नगर निगम की मतगणना पॉलीटेक्निक कॉलेज में तथा जोधपुर दक्षिण नगर निगम के वार्डो की मतगणना महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में होगी वहीं कोटा में भी मतगणना के लिये सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है वहां कोटा उत्तर नगर निगमों के वार्डो की मतगणना कॉमर्स कॉलेज तथा नगर निगम कोटा दक्षिण की मतगणना जेडीवी कॉलेज में होगी इस बीच कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने बोर्ड बनाने के लिये रणनीति बनाना शुरू कर दिया है भाजपा ने जयपूर के सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देने के लिए रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है

इस कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित है इसके मेददेनजर रेल्वे एक दर्जन गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चला रहा है वहीं भरतपुर करौली हिण्डौन और दौसा डिपो से रोडवेज की बसें नहीं चल रही है प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भरतपुर और करौली जिले में इंटरनेट पर रोक लगा रखी है जयपुर में भी आठ तहसीलों में इंटरनेट बंद रखने की अवधि बढा दी गई है अलवर में भी कई जगह आज रात तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है प्रशासन की ओर से दौसा भरतपुर करौली और अलवर जिले के संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है वहीं सरकार की ओर से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुर्जर समाज के लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की और कहा कि सरकार बातचीत के लिये तैयार है और आंदोलनकारी वार्ता में सहयोग करें इस बीच गुर्जर समाज की आज दौसा के निहालपुरा गांव में बैठक हुई बैठक के बाद स्थानीय नेताओं ने कहा कि दौसा का गुर्जर समाज कर्नल बैंसला के नेतृत्व को ही मानेगा

प्रदेश के जयपुर जोधपुर अलवर बीकानेर नागौर तथा अजमेर जिले संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ रहा है

डॉ शर्मा आज जयपूर में कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन के तहत कोरोना वॉरियर्स द्वारा आयोजित वाहन रैली के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिकित्सकों पैरामैडिकल ॅस्टाफ सफाईकर्मी मीडियाकर्मी प्रशासनिक और प्रलिस अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही है वाहन रैली के रूप में आज का कोरोना वॉरियर्स का यह प्रयास जनजागरूकता आंदोलन को और अधिक सुद्रढ़ करेगा

आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड सकते हैं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

पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक गोविंद गृप्ता ने बताया कि परीक्षा के लिये सुरक्षा के पृख्ता प्रबंध किये गये है परीक्षार्थी की पहचान के लिये बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जायेगी श्री गुप्ता ने कहा कि परीक्षार्थियों को अपने हाथ के दोनों अंगूठे साफ रखने है तथा अंगूठों पर मेहंदी स्याही पेंट रंग न लगायें इस बीच जयपुर जिले के विराटनगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर उपलब्ध करवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है इस सिलसिले में एक आरोपित को हिरासत में लेकर प्रछताछ की जा रही है प्रलिस प्रछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों सहित कई जानकारी भिलने की आशंका जताई जा रही है

राज्य में कुछ जिलों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले चार पांच दिनों में मौसम का भिजाज इसी तरह का रहने की संभवना है